अब समाचार विस्तार से प्रकाश जावडेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि परंपरागत ईंधन से चलने वाले सभी पांच लाख सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई वाहन में परिवर्तित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन ई वाहनों का मूल्य कम होगा साथ ही पर्यावरण अनुकूल और पेट्रोल या डीजल की खपत भी कम होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खरीदे गए इलैक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि ये ई वाहन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण को बहुत ज्यादा होने से रोकने में काफी सहायक होंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदूषण का स्तर घटाने के कई उपाय किए हैं उन्होने कहा कि सरकार ई वाहन की खरीद के लिए लोगों को सब्सिडी भी दे रही है

इसमें एक लाख से अधिक लोग प्रतिभाग करेंगे आज मुख्यमंत्री ने पॉलीथीन मुक्त ग्रीन दून के लिए सचिवालय के अधिकारियों की जन जागरूकता रैली को फ्लैग ऑफ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलीथीन से मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी है उन्होंने कहा कि सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पॉलीथीन मुक्त ग्रीन दून के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए सभी की भागीदारी को जरूरी बताया

इसके बाद हर हरेला पर्व पर सिर्फ एक घण्टे में पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जाएगा

आज हरीश रावत के अधिवक्ता ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है

हाईकोर्ट ऐविएशन हाईकोर्ट ने प्रदेश में हैरिटेज ऐविऐशन के नाम से संचालित हवाई सेवा के मामले में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नागरिक उड्डयन सचिव नागरिक उड्ययन डीजी प्रबन्धक नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ और सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्ययन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में हैरिटेज ऐविऐशन विमान सेवा में लगातार लापरवाही बरती जा रही है अस्पताल अल्मोडा अल्मोड़ा में हृदय रोगियों के लिए कार्डियक केयर सेन्टर का शुभारम्भ किया गया जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इस केयर सेन्टर के खुलने से लोगों को हृदय रोग से सम्बन्धित बीमारी के लिये बाहर नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के खुलने से अल्मोड़ा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अलावा दूरदराज के लोगों को भी फायदा होगा

दीक्षांत समारोह गोपेश्वर महाविद्यालय में कल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्यमंत्री केन्द्रीय मंत्री समेत राज्य के कई मंत्रियों के शामिल होंगे आज इस संबंध में श्रीदेव सुमन विश्वविद्याल बादशाहीथौल टिहरी के कुल पति डॉ उदय सिंह रावत ने प्रेस कांफ्रेंस कार्यक्रम की जानकारी दी

इस अवसर पर ओरिएंटल बैंक की उधमसिंह नगर शाखा के शाखा प्रबन्धक एसडी आर्या ने कहा कि नये भारत के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन पहली प्राथमिकता है भ्रष्टाचार देश के आर्थिक तंत्र को दीमक की तरह खोखला करता है इससे बचने के लिए जन चेतना सतर्कता और जनमानस की भागीदारी की आवश्कता है उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में टेक्नोलॉजी की भी अहम भूमिका है इससे डिजीटल ट्रांजेक्शन बैंक खातों को आधार से जोडने ऑनलाइन सिस्टम लागू करने से सरकारी अनुदान छात्रवृत्ति गैस सब्सिडी मनरेगा मजदूरी और आयकर आदि से सम्बन्धित घपलों में बहुत कमी आई है

शुभारंभ अल्मोड़ा जिले में आज महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा एन टी डी में बनाये गये वन स्टॉप सेन्टर का शुभारम्भ किया गया जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने संयुक्त रुप से सेन्टर का शुभारंभ किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वन स्टॉप सेन्टर का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानो पर परिवार समुदाय के भीतर या बाहर कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित हुई महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जाना है साथ ही उन्हें न्याय और पुर्नवास में मदद करना भी है

यहा पर निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी की गयी है छठ की तैयारी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सूर्य उपासना के महापर्व छठ प्रजा की तैयारियां श्रद्धालुओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ की जा रही है रुद्रपुर में प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की है नदी नालों और तालाबों पर बने घाटों की साफ सफाई की गई है वहीं तमाम स्वयंसेवी संगठन मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए फॉगिंग भी करा रहे हैं ताकि छठ मैया के पूजा के लिए निकले जनसमूह को डेंगू जैसी बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके आपको बता दें कि सूर्यदेव की आस्था का पर्व छठ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है

इस दिन व्रती शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं उसके बाद खरना होता है जिसमें सारा दिन निराहार रहते हैं शाम को छठ माता और सूर्य देव की पूजा करके खाना खाया जाता है षष्ठी के दिन व्रती पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को अस्त होते सूर्य को नदी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं रविवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ ही यह महापर्व संपन्न होगा

पहला मुकाबला बनारस और पिथौरागढ़ के बीच खेला गया

बागेश्वर में स्थापना दिवस की तैयारियों के सिलसिले में मुख्य विकास अधिकारी एसएसएसपांगती ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्य विकास अधिकारी ने राज्य स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुखघ्उप प्रमुख पदों के चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अन्य कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग और शासन के दिशा निर्देशानुसार ही आयोजित किये जायेंगे उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं की निबंध भाषण क्विज कविता और चित्रकला आदि प्रतियोगिता कराने के निर्देश दिये

बाल फिल्म महोत्सव जिला मुख्यालय के अलावा सभी विकास खण्ड मुख्यालयों के राजकीय इंटर कालेज में भी आयोजित होंगे जिला मुख्यालय में दिन में बाल फिल्मों के तीन शो होंगे जबकि ब्लाक मुख्यालय में प्रतिदिन दो शो होंगे जिलाधिकारी आशीष चौहान ने चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी भारत के वितरण अधिकारी दिनेश नेगी के साथ इस संबंध में बैठक की जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को प्रेरणादायक बाल फिल्म दिखाई जाए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो बाल फिल्म महोत्सव में एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जिसमें बच्चों को फिल्म बनाने स्क्रिप्ट लिखने और शॉर्ट फिल्म बनाने आदि की जानकारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञ द्वारा दी जाएगी अब संक्षिप्त समाचार रुड़की नगर निगम के चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरु कर दी है भाजपा की ओर से मयंक गुप्ता को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है वहीं कांग्रेस के पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी सूष्टा राणा को कांग्रेस ने मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत क्षेत्र पंचायत प्रमुख कनिष्ठ और ज्येष्ठ उप प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नियुक्त सभी रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट्स को प्रशिक्षण दिया गया

आजाद हिन्द फौज के सेनानी केसरी चन्द की जयंती पर आज मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जब आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी तो उत्तराखण्ड से भी अनेक रणबांकुरों ने उनका साथ दिया था